इस बीच प्रदेश में चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार मरीजों के हालात में सुधार के प्रयास कर रही है

कोरोना संकमण से जहां कोटा संभाग अब तक बचा हुआ था वहीं आज कोटा जिले में एक संक्रमित व्यक्ति सामने आया है हालांकि उसकी रिपोर्ट सामने आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई संभाग के बूंदी झालावाड़ और बारां जिले अभी सुरक्षित हैं

सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में वे ही लोग जरूरतमंदों को खाद सामग्री बांट सकते है जिन्होने अस्पतालो में जाकर चिकित्सकों से प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं अब हर कोई यहा जिले में खाद् सामग्री का वितरण नहीं कर सकता है

इस प्रशिक्षण में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जानकारी दी जा रही है

इधर सीकर में प्रशासन की ओर से रामगढ़ शेखावाटी में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर से दो व्यक्ति फरार हो गए पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है

इधर चिकित्सा विभाग ने भी युवाओं को जागरूक करने के लिए कोरोना रैप साँग तैयार किया है

ये लोग बोर्ड से मिलते जुलते नकली सर्कलर भी जारी कर रहे हैं इससे विद्यार्थी और उनके माता पिता भ्रमित हो रहे हैं बोर्ड ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ पिछले दिनों आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करायी गयी है बोर्ड ने जनता और मीडिया से कहा है कि ऐसी जानकारी और अफवाहों पर विश्वास न करें और बोर्ड की आधिकारिक उदघोषणा पर ही भरोसा करें